कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें अब समाचार विस्तार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड मरीजों क बेहतर उपचार की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिय हैं

उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन रिफिल केन्द्रों पर जिम्मेदार अधिकारियों की तैनाती के साथ साथ पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाये और ऑक्सीजन टैंकर को जीपीएस से जोड़ा जाये उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ गैंगस्टर और एनएसए के तहत कार्रवाई की जाये मुख्यमंत्री ने चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी जिलों में अस्पतालों में नोडल अधिकारी कैम्प करे मुख्यमंत्री ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और फैबीफ्लू जैसी जीवन रक्षक दवाओं की निर्बाध आपूर्ति के लिये इसकी मॉनीटरिंग कराये जाने पर जोर दिया है

कोविड मरीजों की देखभाल में इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेन्टर की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मरीजों को बेड के आवंटन में पूरी पारदर्शिता रखी जाये उन्होंने टेस्टिंग ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट को महत्वपूर्ण बताते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी सरकारी और निजी लैब पूरी क्षमता से कोविड टेस्ट करे मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न राज्यों से लौट रहे प्रवासी कामगार श्रमिकों को सुरक्षित उनके गतंव्य तक पहुंचान के लिये परिवहन और गृह विभाग आपसी समन्वय स्थापित करते हुए काम करे उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाये कि प्रवासी श्रमिकों को सात दिन के लिये क्वारेंटीन किया जाये और अस्वस्थ होने की दशा में उनका उचित इलाज भी किया जाये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सभी गेहूँ क्रय केन्द्रों का संचालन पूरी क्षमता से किये जाने की बात कही है अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई भी दिक्कत न हो और गेहूँ खरीद के दौरान कोविड प्रोटोकाल का विशेष ध्यान भी दिया जाये

इस आवंटन में राज्यों की ओर से दवा की थोक खरीद तथा निजी माध्यमों से आपूर्ति भी शामिल है

स्वास्थ्य मंत्रालय ने रेमडेसिविर निर्माताओं से कहा है कि उनके पास पहले से मौजूद ऑर्डर की आपूर्ति पर विचार करें राज्यों से भी कहा गया है कि वे तत्काल नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें जो रेमडेसिविर के निर्बाध आवागमन और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करें राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रेमडेसिविर के राज्यों को आवंटन के संचालन पर निगरानी रखेगा देश में कोरोना वायरस के अचानक बढ़ जाने से सरकार रेमडेसिविर इंजेक्शन के घरेलू उत्पादकों की क्षमता बढ़ाने के उपाय कर रही है देश में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के सरकारी प्रयासों में अब वायुसेना भी जुट गई है वायुसेना ने महामारी पर अंकुश लगाने में सरकार की सहायता के लिए ऑक्सीजन कन्टेनर और सिलेंडर आवश्यक दवाएं उपकरण तथा चिकित्साकर्मियों को अपने विमानों से भेजना शुरू कर दिया है

रक्षामंत्री ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की जिसमें मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों तीनों सेना प्रमुखों और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष बिपिन रावत ने भाग लिया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

प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से इसके लिए तैयार रहने को कहा है क्योंकि अगले महीने की पहली तारीख से तीसरे चरण का टीकाकरण कार्यक्रम भी शुरू हो जायेगा

देश में कोविड टीकाकरण अभियान सुचारू रूप से चल रहा है

देश में कोविड महामारी की दूसरी लहर में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदश में संक्रमित लोगों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल देर रात आये आंधी तूफान का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को इससे प्रभावित लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं उन्होंने इस आपदा में दिवंगत हुए लोगों के परिजनों को चार चार लाख रूपये की राहत राशि तत्काल वितरित किये जाने के निर्देश भी दिये हैं

श्री योगी ने यह भी कहा कि राहत कार्यो में किसी भी प्रकार की लापवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी

पांच लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हा गई एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उसकी हालात खतरे से बाहर बतायी जा रही है

उन्होने मृतकों के परिजनों को दो दो लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है प्रदेश में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों से बचाव और नियंत्रण के मद्देनजर अब प्रदेश के निबंधन कार्यालयों में पूर्व अपाइंटमेंट व्यवस्था लागू की गई है

उन्होंने बताया कि कागजात तैयार करने के बाद पक्षकारों को इन्हें निबंधन सहायक को देना होगा जोकि इसकी जांच करेंगे इसके बाद कागजात के निबंधन का कार्य किया जायेगा